विद्यार्थियों को हिमाचल द्रदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के माध्यम से ये सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी

इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापक महत्वपूर्ण विषयों पर व्हाट्सएप ग्रप में विद्यार्थियों को प्रतिदिन पाठ्यक्रम वीडियो और होमवर्क देंगे शिक्षा विभाग द्वारा टीवी व रेडियो के माध्यम से राज्य के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना भी बनाई जा रही है मनरेगा केन्द्र ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को मनरेगा के अंतर्गत सात हजार तीन सौ करोड़ रुपये जारी किए हैं यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया और चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाडे के लिए जारी की गई है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा करते हुए कहा कि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कारगर ढंग से काम फिर शुरू करना चाहिए

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि ये टेस्ट किट आज पहुंच जाएंगे

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने प्रदेश के छह जिले शिमला सोलन सिरमौर मंडी कुल्लू व चंबा जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जबकि ऊना बिलासपुर हमीरपुर और कांगड़ा के लिये यलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है इस बेमौसमी बारिश से प्रदेश में बागवानों व किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है सूचना छिपाने पर जाएगी प्रधान की कुर्सी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सौंपी है अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है जालंधर से हिमाचल पहुंचे कोरोना पॉजिटिव युवक पंचायत प्रधान व सचिव पर मामला दर्ज जबकि आपका फैसला ने लिखा है प्रदेश में रेपिड टेस्ट किट्स के जरिये कोरोना के मामलों की जांच में लाई जाएगी तेजी

दिव्य हिमाचल की एक खबर है ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ज्यादा ढील की तैयारी ग्रीन एरिया में खुलेगा राहतों का पिटारा प्रदेश पुलिस महानिदेशक एस आर मरडी के हवाले से दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है वाहन में किसी को बैठाया तो चालक के खिलाफ होगी कार्रवाई दैनिक भास्कर के शब्द हैं जालंधर से गाड़ी में छिपकर आए दोनों पत्रकारों पर केस हाईकोर्ट में शर्तों के साथ काम शुरू ईमेल से दायर होंगे जरूरी मामले अमर उजाला की एक खबर है दिव्य हिमाचल ने लिखा है फिर शुरू होंगे अदालती कामकाज दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है डेढ़ दर्जन फार्मा उद्योगों में उत्पादन शुरू कोरोना से मुकाबले को सेनेटाइजर ऑक्सीजन की बड़ी डिमांड जहरीली लारजी ट्रैफिक टनल में अब प्रद्षण का एक भी कण नहीं शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है कोरोना वायरस मानव जीवन के लिये घातक पर प्रकृति को मिली संजीवनी अमर उजाला ने लिखा है बंद उद्योग में गैस रिसाव से प्रवासी की मौत छह गंभीर मौसम पर आपका फैसला ने सुर्खी दी है हिमाचल में आज अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी